पीएम अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए देशवासियों के सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अन्शासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हई इस बैठक में सैनिक प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन करते हए कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति से निपटने में उनके इस्तेमाल पर चर्चा की गई बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव ने सभी विभागों के आपसी समन्वय और संसाधनों के सही मोबलाइजेशन को महत्वपूर्ण बताया बैठक में जनजागरूकता के महत्व को समझते हुए उससे संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकता की सूची एस डी आर एफ को उपलब्ध करवाये जाने पर सहमति व्यक्त की गई साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों से एन सी सी कैडेटों को आपदाओं के प्रति प्रशिक्षित कर भीड़ नियंत्रण और होम क्वारंटीन में रखे गए व्यक्तियों आवासीय व्यवस्था और नियंत्रण कक्ष में उपयोग किये जाने पर भी सहमति बनी बैठक में सैन्य पृष्ठभूमि से सेवानिवृत होने वाले मेडिकल स्टाफ और नेहरू युवा केंद्र के वॉलन्टियर्स को चिन्हित कर उनका उपयोग इस प्रकार की आपदाओं के नियंत्रण में किये जाने पर जोर दिया गया

इनमें से दो व्यक्ति पूरी तरह ठीक भी हो चके हैं

राज्यपाल ने बताया कि उतराखण्ड में लॉकडाउन का पूरी सख्ती से पालन किया जा रहा है प्रदेश के सभी धर्म ग्रूओं और संतों से अपील की गई है कि वो लोगों को जागरूक करें और धार्मिक आयोजनों पुजा पाठ नमाज आदि को अपने अपने घरों में ही करने के लिए प्रेरित करें राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश के सभी विश्वविदयालयों को निर्देश दिये गये हैं कि वे लॉकडाउन की परिस्थितियों में ऑनलाइन कोर्स मैटीरियल को प्रोत्साहित करें विश्वविदयालयों को वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में आवश्यक तकनीकि और विशेषज्ञ सहायता विकसित करने को भी कहा गया है इस संबंध में राज्यपाल जल्द ही सभी क्लपतियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग भी करने वाली हैं

किसानों की फसल खरीदने के लिए ऊधमसिंह नगर और हरिदवार सहित सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया जा च्के हैं राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों के विरूद्ध कोई भी द्वर्व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि पर्वतीय जनपदों में आवश्यक वस्तुओं राशन दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सहित सभी राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपाल और प्रशासक उपस्थित थे

आईआईटी रुड़की की एक टीम ने प्राण वायू के नाम से इस क्लोज्ड लूप वेंटिलेटर को एम्स ऋषिकेश के सहयोग से विकसित किया है यह वेंटिलेटर जरूरत की मात्रा में हवा पहंचाने के लिए प्राइम मुवर के नियंत्रण ऑपरेशन पर आधारित होगा और यह खासकर बुजुर्गों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा इस पोर्टेबल वेंटिलेटर को काम करने के लिए कंप्रेस्ड हवा की जरूरत नहीं होगी और यह अस्पताल के किसी भी वॉर्ड में या ख्ले में लगाया जा सकता है

उधर बागेश्वर जिले में आज फरीदाबाद से पांच और ग्ड़गांव से आये दो लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटक आवास गृह में क्वारंटीन किया गया है क्वारंटीन में रखे लोगों की काउंसलिग भी की जा रही है ताकि किसी को मानसिक तनाव ना हो